खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अपने घर जाने की कोशिश में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले मजदूरों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिये जाएंगे

बोर्ड के निर्देशानुसार ऐसे परीक्षार्थी जो कोरोना वायरस से संकमित हैं अथवा जिनकी उपचार के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उनकी क्वारंटीन अवधि पूरी नहीं हुई है उनको परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है ऐसे विद्यार्थियों के लिये विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी

परीक्षा केन्द्रों पर छात्रों को थर्मल स्किनिंग और सेनेटाइज के बाद ही प्रवेश दिया गया

परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बिठाया गया है निमाड़ी जिले में डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी ने आज से शुरू हुई परीक्षाओं की व्यवस्था देखने के लिये परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण किया

परीक्षार्थियों के लिये मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया है

समी परीक्षा केन्द्रों पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित थे

चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ल ने आज नीमच जिले के प्रवास के दौरान जीरन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बनाये गये फिवर क्लिनिक का निरीक्षण किया

जिले के जावद में रहने वाले तीन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है खंडवा में जिला न्यायालय के एक जज और उनके परिवार सहित सभी न्यायाधीशों को होम कोरोंटिन कर दिया गया है यह निर्णय न्यायाधीश की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लिया गया खंडवा में जज कॉलोनी को भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है

उन्हें आज जिला कोविड सेंटर से छटटी दे दी गई

इसी प्रकार दमोह जिले में भी विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्य चल रहे हैं

उन्होंने क्षेत्रीय विधायक के परिवार में हुई मृत्यु पर शोक प्रकट किया